मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

इस परियोजना के अन्तर्गत आज प्रयागराज से प्रारम्भ हुई पांच हजार एक सौ किलोमीटर पैदल यात्रा अगले वर्ष दस अगस्त तक चलेगी इस पद यात्रा के दौरान गंगा के दोनों तटों पर वृक्षारोपण किया जायेगा इस पद यात्रा से गंगा सहित सभी नदियों के लिये पर्यावरण संरक्षण के लिये एक नई ऊर्जा का संचार होगा और लोगों में गंगा संरक्षण के प्रति जागरूकता व सहभागिता बढ़ेगी

उन्होंने लोगों से एकजुट होकर गंगा को निर्मल बनाये रखने का आहवान किया

उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिये अभी तक देश में कोई शोध केन्द्र नहीं था

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिये सामाजिक शोधों की बहुत जरूरत है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये हर स्तर पर सतर्कता बरती जाये और कांटैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ मे एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाये और टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित किया जाये मुख्यमंत्री ने ऐम्बुलेंस सेवा को और सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया नियमित मॉनीटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को धान क्रय केन्द्रों पर अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा नहीं हो वह आज लखनऊ में एक बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सर्दी को देखते हुए राज्य में आवश्यकतानुसार अलाव जलाने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और जरूरतमंदों को कम्बल वितरित करने तथा रैन बसेरों में सुरक्षा और स्वच्छता के व्यापक प्रबंध किये जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पेयजल योजनाओं मेडिकल तथा अन्य परियोजनाओं की डीपीआर समय से तैयार करते हुए इनका निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा किया जाये मुख्यमंत्री ने मंडलों में स्थापित किये जा रहे अटल आवासीय विद्यालयों में कार्यो को तेजी से पूर्ण करने के भी निर्देश दिये

रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड महामारी के समय में बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं प्रतिदिन दो पारियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी बनाना मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है अगली पारी शुरू करने से पहले परीक्षा केंद्र को सैनेटाइज किया जायेगा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

उन्होंने कहा कि जिन गांवों के सम्पर्क मार्ग खराब है उनकी तत्काल मरम्मत कराई जाये श्री मौर्य आज लखनऊ में उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि गांवों मे सड़कों के निर्माण कार्य और सुधार में एक नई क्रांति जैसी नजर आनी चाहिये हर योजना को अमलीजामा पहनाने में कोई कोर कसर बाकी न रहे उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड और पूर्वांचल विकास निधि के कार्यो में तेजी लाई जाये जिससे इन क्षेत्रों क बजट में विशेष व्यवस्था सूनिश्चित कराई जा सके श्री मौर्य ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पांच किलोमीटर अन्दर के गांवों को सर्विस लेन से जोड़ने की कार्य योजना बनाई जाये

केन्द्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं

फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है

टीकाकरण केन्द्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा

क्षेत्र में विभिन्न वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए

श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल के जीवन और व्यक्तित्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता आर अखंडता के प्रतीक थे जिन्होंने जटिल मुद्दों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की जीपीओ स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धाजंलि दी उन्होंने कहा कि श्री पटेल भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार थे